आयकर छापा छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग का छापा आज भी जारी रहा आयकर विभाग की टीम ने आज मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया के दुर्ग में स्थित निवास पर छापा मारा इसके अलावा भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक ठेकेदार और एक कारोबारी के घर भी आईटी की टीम पहुंची विभाग द्वारा छापे की यह कार्रवाई कल सुबह से शुरू हुई है जिसमें दिल्ली से आई आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम ने राज्य के कुछ बड़े कारोबारियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के निवास स्थान और कार्यालय पर छापा मारा है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर में अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ आपात बैठक की इस बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी उपस्थित थे बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बयान दिया कि आयकर विभाग द्वारा प्रदेश में अनेक शासकीय अधिकारियों के घर लगातार छापे मारे जा रहे हैं उन्होंने कहा कि छत्तीस घंटे बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है मंत्री ने कहा कि यह संघीय ढांचे की भावनाओं के विपरीत है श्री चौबे ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पूरा मंत्रिमंडल राजभवन जा रहा है जहां राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा कैबिनेट बैठक कोरबा जिले के सतरेंगा में उनतीस फरवरी को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक अब मुख्यमंत्री निवास पर कल आयोजित की जाएगी बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल गिरौदपुरी मेले में शामिल होंगे जिसके कारण बैठक के स्थान में तब्दीली की गई है

प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मुद्दा उठाया उनके सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि छह फरवरी तक प्रदेश के किसानों से इकहत्तर लाख तीस हजार टन धान की खरीदी की गई है उन्होंने पूरक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि पैंतालीस हजार किसान ही अपने रकबे के हिसाब से पूरा धान बेच पाए हैं विपक्ष ने बाकी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदने के कारणों की जानकारी चाही मंत्री मोहम्मद अकबर ने जब जवाब देना चाहा तो विपक्षी सदस्य शोर शराबा करने लगे और गर्भगृह में चले गए इसके बाद ग्यारह विधायक सदन की कार्रवाई से स्वमेव निलंबित हो गए वहीं विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए एक हजार छह सौ पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख इकसठ हजार छह सौ रूपए का तृतीय अनुपूरक अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे जिला अस्पताल हमर लैब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आने वाले वर्ष में राज्य के सभी जिला अस्पतालों में हमर लैब की स्थापना की जाएगी इसके बाद जांच रिपोर्ट के लिए मरीजों या उनके परिजनों को दोबारा आना नहीं पड़ेगा आज रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल में श्री सिंहदेव ने हमर लैब कैंसर मरीजों के लिए डे केयर कीमोथैरेपी सेवा और कार्डियक केयर यूनिट का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार जिला अस्पताल के लैब में साठ तरह की जांच की सुविधा होनी चाहिए लेकिन प्रदेश के जिला अस्पतालों में उच्च स्तरीय आधुनिक मशीनों से नब्बे तरह के जांच की सुविधा मिलेगी भूमि डिजिटलीकरण छत्तीसगढ़ भूमि रिकॉर्ड के गृणवत्तापूर्ण डिजिटलीकरण में अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद एनसीईएआर के अनुसार छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश ओडिशा महाराष्ट्र और तमिलनाडु भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण तथा उनकी गुणवत्ता के मामले में शीर्ष राज्य है एनसीईएआर के अनुसार बीते कुछ वर्षों में इन राज्यों ने अपनी भूमि के रिकॉर्ड को नागरिकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति की है आर्थिक अनुसंधान निकाय ने कहा कि आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के लिए भूमि तक पहुंच एक महत्वपूर्ण कारक है साथ ही डिजिटलीकरण से भूमि रिकॉर्ड की पहचान करना और विवादों को कम करने में प्रभावी मदद मिली है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में आयोजित तीन दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो गया इस अवसर पर पत्र सूचना और प्रादेशिक लोकसपर्क कार्यालय के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना बहुत अनोखी है उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिये अलग अलग राज्यों की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज वेशभूषा और वहां के रहने वाले लोगों के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है श्री पनतोड़े ने कहा कि चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से गुजरात और छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोक नृत्य व्यंजन और वेशभूषा की जानकारी छात्रों को दी गई कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा लोक नृत्य और गीत के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलकियां प्रस्तुत की गई इस बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दुर्ग के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है आदि शिल्प पर आधारित इस कार्यशाला के तहत विद्यार्थियों को गुजरात की शिल्पकृति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है गुजरात के बड़ौदा से आए शिल्पकार चिरायु सिन्हा ने बताया कि विद्यार्थियों को मूलरूप से कच्छ क्षेत्र की शिल्पकला की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है

इस बाह्य मूल्यांकन में लगभग एक हजार आठ सौ शिक्षार्थी शामिल हो रहे हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रदेश के पंद्रह से साठ आयु समूह के डिजिटल असाक्षरों को प्रशिक्षित ई एजुकेटर द्वारा एक माह में डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखाया जाएगा मुंगेली मैराथन सेहत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए मुंगेली जिले में कल मुंगेली मैराथन का आयोजन किया जाएगा मैराथन में सभी वर्ग की महिलाएं और पुरूष प्रतिभागी बड़ी संख्या में भाग लेंगे इस मैराथन में भाग लेने के लिए प्रतिभागी कल सुबह साढ़े छह बजे तक पंजीयन करा सकते है पंजीयन जिला कलेक्टोरेट कार्यालय जिला पंचायत मुंगेली और सभी जनपद पंचायत के कार्यालय में निःशुल्क किया जा रहा है सेवानिवृत्त रायपुर के आकाशवाणी केन्द्र में कार्यरत् अभियांत्रिकी विभाग के सहायक निदेशक व्हीके शर्मा आज सेवानिवृत्त हो गए

आगामी दो दिनों के बाद प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ ब्रंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार एक मार्च को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा इस वजह से प्रदेश में बारिश हो सकती है साथ ही तीन और चार मार्च को बादल छाए रहेंगे वहीं आने वाले कुछ दिनों तक सुबह और रात को तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा

कोरिया जिले में आज महिला पुरूष नगर सैनिकों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और नगर सेना के महानिदेशक के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है